केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान छूट संबंधी दिशा निर्देशों का पालन देश के कुछ भागों में उचित रूप से नहीं किया जा रहा है सरकार के अनुसार अनिवार्य और अन्य वस्तुए ले जा रहे वाहनों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है जिससे वस्तुओं की कमी होने की आशंका है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि देश के कुछ भागों में लोगों और सेवाओं के लिए दी गई रियायतों संबंधी दिशा निर्देशों और स्पष्टीकरणों का लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि आवश्यक और अन्य वस्तुए ले जा रहे ट्रको और इन वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान पास नहीं मिल पा रहे हैं

कोरोना संकट को लेकर राज्य सरकार पूरी सजगता के साथ काम कर रही है

कोरोना नियंत्रण केंद्र द्वारा सहायता हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं

बाकी बचे मामलों पर हर संभव कार्रवाई की जा रही है आज झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें कोरोना संकट को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की जायेगी

बोकारो में कोरोना के दो और नए मामले सामने आए हैं जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब आठ हो गई है

जिले के उपायुक्त मुकेष कुमार ने बताया दोनों संक्रमित मरीज साड़म के ही हैं

हिंदपीढ़ी निवासी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद क्षेत्र में बहतर घंटे सील की अवधि फिर से बढ़ा दी गयी है लॉकडाउन के दौरान रेलवे बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और जरूरी माल दुलाई का काम जारी रखे हुए है

माल दलाई पर नजर रखने के लिए मंत्रालय में एक आपात केन्द्र स्थापित किया गया है ताकि जरूरी वस्तुओं की कमी न होने पाये केन्द्र सरकार देशभर में छह हजार तीन सौ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाईयों की उपलब्यता सुनिश्चित कर रही है कोरोना संकट में झारखंड में भी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है

आयोग के अध्यक्ष डी पी सिंह ने बताया कि मौजूदा परिस्थतियों में परीक्षाओं और शिक्षण सत्र की समीक्षा के लिए भी समिति गठित की गई है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की रिथति में यह विचार करना आवश्यक है कि निर्धारित पाठ्यक्रम किस तरह पूरा किया जाए और परीक्षा की कौन सी प्रणाली अपनाई जाए केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्यों को सबके लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं उनके लिए भी अनाज आपूर्ति करने को कहा गया है हजारीबाग जिले में जिला प्रषासन द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रषासन की सक्रियता और बढ़ गयी है

इस ऐप का उदाहरण देते हुए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बताए गए नवीन उपाय व्यापक जन समुदाय में संक्रमण का पता लगाने और लोगों को जागरूक बनाने में मददगार हैं

वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद के हैदराबाद स्थित कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र को कोरोना वायरस र्से संबंधित अनुसंधान में जल्दी ही महत्वपूर्ण नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद है जो इस महामारी से निपटने में व्यवहारिक साबित होंगे केंद्र के निदेशक डॉ राकेश के मिश्र ने हमारे संवाददाता के साथ एक विशेष बातचीत में बताया कि केंद्र ने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटेग्रेटिव बायलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जीनोम संरचना का अध्ययन शुरू किया है

चिकित्सकों ने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन दवा का उपयोग केवल डॉक्टरों के परामर्ष पर ही किया जाना है बिना डॉक्टरों की सलाह के इस दवा के सेवन से जीवन संकट में पड़ सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है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

जहां आज से बाजार खुलते ही सभी सब्जी विक्रेता और यहां पहुंचनेवाले ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय गान गाना जरूरी होगा संबंध में बाजार मास्टर का कहना है कि देशवासी डरे सहमे हैं ऐसे में राष्ट्रप्रेम की भावना लोगों में जागृत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के आसनसोल मे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है धनबाद जिला प्रशासन ने धनबाद स्थित झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पूरी तरह से सील कर दी है रविवार को चिरकुंडा बराकर की सीमा पर खुद चिरकुंडा थानेदार सह पुलिस निरीक्षक प्रभात सिंह के नेतृत्व मे बार्डर पर जाँच अभियान चलाया गया

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी में कोरोना संक्रमण पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए बनी चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल चर्चा में हिस्सा लेंगे ये कार्यक्रम आज रात नौ बजकर दस मिनट से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर सुना जा सकता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दोहरी परत वाले खादी मास्क की बडी मात्रा में आपूर्ति के आदेश मिले हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बैशाखी के अवसर पर लोगों को श्मकामना दी हैं एक ट्वीट में श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा ट्वीट संदेष में श्री मोदी ने कहा कि बैशाखी का त्यौहार नई आशाओं और आकाक्षाओं से जुड़ा है उन्होने उम्मीद जाहिर की कि इससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को बैषाखी की बधाई दी है